कांग्रेस ने आज अपने प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी की सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड़ ने कहा विश्व में आर्थिक संकट के बावजूद भारत कर रहा है तेजी से विकास पुष्कर का विश्व प्रसिद्ध धार्मिक मेला कल कार्तिक एकादशी के साथ होगा शुरू जयपुर आज मना रहा है अपना स्थापना दिवस

आज रविवार का अवकाश होने के कारण नामांकन दाखिल नहीं किये जा सके

इसमें कांग्रेस ने पांच सीटें अपने गठबंधन के सहयोगी दलों को दी हैं प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष बीडी कल्ला बीकानेर पश्चिम सीट से च्नाव लड़े गे अलवर के सांसद डॉ करन सिंह यादव को किशनगढ़ बास सीट के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया है कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची देर से जारी होने के कारण उनके बड़े नेता अशोक गहलोत सरदारपुरा से सचिन पायलट टोंक से बीडी कल्ला बीकानेर पश्चिम से और मानवेन्द्र सिंह झालरापाटन से कल अपने नामांकन पत्र दाखिल करेगें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जयपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी के लिए अच्छा माहौल है

जिले के राजकीय महाविद्यालय में एनसीसी कैडेट्स ने नुक्कड़ नाटक के जरिए अधिक से अधिक युवाओं को वोट देने के लिए जागरूक किया टोंक जिले के निवाई में पोस्टर और नारो के द्वारा लोगों को मतदान के प्रति जागरू किया गया बांसवाड़ा जिले में पहली बार विधानसभा चुनाव में महिला कार्मिकों की नियुक्ति की जाएगी महिला मतदाताओं को निर्भिक होकर मतदान करने के लिए चुनाव विभाग प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र पर एक महिला मतदान कार्मिक बूथ बना रहा है जिसके लिए महिला कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है दूंगरपुर जिले में लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आज जिला परिषद की ओर से रंगोली और पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया

केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद स्थानीय प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्रो और अस्पतालों के सहयोग से स्वास्थ्य शिविरों कार्यशालाओं और प्रदर्शनियों का आयोजन कर रही है

इसका उद्देश्य सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय अखंडता की मावना को मजबूत करना है

गृहमंत्रालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार सप्ताह के सप्ताह के पहले दिन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाएगा

वे आज जयपुर में संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे कर्नल राठौड़ ने कहा कि देश में स्थायित्व है और वर्तमान स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को देखते हुए जहां दुनिया के दूसरे देश आर्थिक संकट का सामना कर रहे है वहीं भारत तेजी से मजबूत देश के रूप में उमर रहा है

सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया कि केंद्र सरकार देश की युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठा रही है उन्होंने कहा कि फिल्मे और टेलिविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इण्डिया द्वारा भी यूवाओं को इस क्षेत्र में बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पूर्ण से बाहर दूसरे स्थानों पर भी केन्द्र खोले जा रहे है

मेले में इस बार देश विदेश की लगभग आठ सौ कंपनियां भाग ले रही हैं हालांकि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार यह एक चौथाई हिस्से में हो रहा है

हमारे अजमेर संवाददाता ने बताया कि इस दौरान लाखों श्रद्धालु पंच तीर्थ स्नान के लिए पुष्कर पहुंचेगे

उन्होंने नरेन्द्र मोदी मोबाइल ऐप पर लोगों से अपने विचार भेजने को कहा

हर साल नवम्बर महीने के तीसरे रविवार को विश्वमर में सडक दुर्घटनाओं में मृतकों की स्मृति में वर्ल्ड रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है इस साल को विषय है सड़कों की कहानियॉ उप महानिरीक्षक यातायात पुलिस और अतिरिक्त निदेशक सेंटर फॉर रोड सेफ्टी पुलिस विश्वविद्यालय एस परिमाला र्न बताया कि इस वर्ष जिला पुलिस राजस्थान स्काउट गाइड और सेंटर फॉर रोड सेफ्टी पुलिस विश्वविद्यालय तथा अन्य संगठनों की सहभागिता द्वारा जिला स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया किया गया

इस अवसर पर विभिन्न संगठनों और संस्थाओं की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं

हवामहल के मुख्य प्रवेश द्वार पर रंगोली बनाई गई इस अवसर पर पर्यटकों को धरोहर की स्वच्छता और सुरक्षा का संदेश दिया गया

तीन दिन तक चलने वाले महोत्सव में आज नगर परिषद द्वारा रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए

कल उनका निधन हो गया था

नारायणदास महाराज को उनके शिक्षा चिकित्सा और समाँज सेवा में अभूतपूर्व योगदान के लिए जाना जाता है उन्हें सरकार ने हाल ही में पदमश्री उपाधि से सम्मानित किया था

बोर्ड सचिव मेघना चौधरी ने बताया कि परीक्षार्थी माता पिता के नाम की स्पेलिंग लिंग बीपीएल जाति की श्रेणी पता फोन नम्बर पूर्व शैक्षणिक योग्यता और प्रमाण पत्र संबंधी संशोधन किया जा सकेगा लेकिन परीक्षार्थी के नाम उसकी जन्म तिथि और प्रायोगिक विषय वर्ग में परिवर्तन संबंधी संशोधन नहीं किया जा सकेगा

जबकि कई स्थानों के तापमान में कल के मुकाबले में मामूली बढ़ोतरी हुई है